जनता को व्यवस्थागत कारणों से परेशानी हो तो सरकार इसे बिल्कुल भी नजर अंदाज नहीं करेगी बिजली आपूर्ति में उपलब्धता और मौजूदा समस्याओं के संबंध में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आज मंत्रालय में बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अघोषित बिजली कटौती बिल्कुल न हो और तकनीकी खराबियों को प्रशिक्षित अमला तत्काल ठीक करे उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि जून माह में विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार दिखना चाहिये श्री नाथ ने कहा कि यह बेहद गंभीर है कि राज्य में पर्याप्त बिजली होने के बाद भी कटौती हो रही है उन्होंने कहा कि मैदानी स्तर के सभी अधिकारी मेहनत और तत्परता के साथ सभी मेंटीनेंस के कार्य योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें

इसके लिये लोक निर्माण विभाग ने पांच हजार पांच सौ चालीस करोड़ रूपये की कार्य योजना तैयार की है आधिकारिक जानकारी के अनुसार सभी कार्य आगामी पांच वर्ष में पूर्ण किये जाएंगे लोकनिर्माण मंत्री सज्जन वर्मा ने कार्य योजना को निश्चित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिये हैं

ब्यूरो की ओर से की गई जानकारी के मुताबिक एक फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उज्जैन के प्रवर्तन अधिकारी ने एक निजी कंसलटेंट के माध्यम से पांच लाख रूपये की रिश्वत की मांग की है

बैठक में लोकहित में ऐसे प्रकरणों को वापस लेने के लिये जिला स्तर पर गठित समितियों को विचार विमर्श कर अपनी अनुशंसाओं को अविलम्ब शासन के समक्ष विचारार्थ भेजने के लिये कहा गया है बैठक में प्रमुख सचिव गृह एसएन मिश्रा और प्रमुख सचिव विधि विधायी सत्येंद्र सिंह भी मौजूद थे

पीटीआरआई शाखा की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि स्कूली वाहनों के संचालन के संबंध में सवोच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक अपने जिले के प्रत्येक थाने के अंतर्गत स्कूली वाहनों की नियमित जांच कराए लेकिन वाहनों की चैकिंग के दौरान बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होना चाहिए

इसकी घोषणा आज भाजपा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राकेश सिंह ने भोपाल में की

भोपाल में बोहरा समाज की मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई खंडवा में दाऊदी बोहरा समाज द्वारा ईद मनाई गई मुख्य नमाज संगली मस्जिद में अदा की गई उधर सउदी अरब में भी आज ईदु उल फितर का पर्व मनाया जा रहा है कल शाम वहां शव्वाल का चांद देखा गया आमतौर पर माना जाता है कि सउदी अरब के एक दिन बाद भारत में भी ईद का चांद दिखाई देता है

पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन एप्को राष्ट्रीय हरित कोर योजना के अंतर्गत उज्जैन होशंगाबाद ग्वालियर जबलपुर और छिंदवाड़ा जिलों के ईको विद्यालयों में छात्रों के लिये क्वीज और चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन किये जाएंगे

भोपाल के मिन्टो हॉल में सुबह एक व्याख्यानमाला आयोजित होगी राजधानी में रन फॉर इन्वारमेंट मिनि मैराथन भी होगी

राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में तापमान अधिक बना हुआ है

जबकि जबलपुर सीवनी बालाघाट छिंदवाड़ा अनूपपुर और डिण्डोरी जिलों में कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है